नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान कर रही है जयराम ठाक्र ने बताया कि प्रदेश में सात आईआरबी हैं जिनमें से एक महिला बटालियन है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है और इसे पूरी तरह से लागू किया गया है मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मॉनसून के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए धनराशि जल्द स्वीकृत करने का भी आग्रह किया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया विक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है

विक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष व भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है उद्योग मंत्री ने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन शहर की महत्वकांक्षी उठाऊ गिरि पेयजल योजना का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है और इसका लोकार्पण किया जाएगा वे आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे

अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए कांगड़ा जिले के सिहाल निवासी लान्स नायक सपन चौधरी का अंतिम संस्कार आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया इस मौके पर सिक्ख रेजिमेंट ने शहीदों को सलामी दी धर्मशाला से हमारे प्रतिनिधि में बताया कि परिजनों सहित सैंकड़ों लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी इस दौरान एसडीएम बलवान चंद और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लांस नायक सपन चौधरी की मुत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पिति सहित कुल्लू व चंबा जिलों की उंची चोटियों पर दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है कुल्लू जिला प्रशासन ने उपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा की संभावना को देखते हुए लोगों से उंचाई वाले स्थानों में न जाने की अपील की है किन्नौर से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है

चंबा के तिस्सा में बघेईगढ़ के समीप बीती रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई वहीं चुराह विधानसभा क्षेत्र के खाकड़ी पुल के पास एक युवक संतुलन बिगडने से करीब दो सौ फुट गहरी खाई में गिर गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई

इधर सिरमौर जिले के संगडाह और शिलाई उपमंडल में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मृत्यु हुई है जबकि दो अन्य घायल हुए हैं

बिलासपुर में आज जिला स्तरीय सलाहकार व समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही